प्रधानमंत्री कोरोना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश कोरोना योद्धाओं के बल पर पूरी दृढ़ता से कोरोना संक्रमण से लड़ रहा है श्री मोदी आज परम सम्मानित जोसेफ मार थोमा मेट्रोपोलिटन के नंबेवे जन्मदिवस के विशेष अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस साल की शरूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहत ही भयंकर होगा र्लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदी ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और लोगों के मनोबल ने अच्छे परिणाम दिए हैं फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है मास्क पहनना दो गज की सुरक्षित दूरी रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना अब भी बहत आवश्यक है प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस से लड़ रही है और यह न केवल शारीरिक रूप से बीमार करती है बल्कि लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनी हुई है इस महामारी ने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह हमारी जीवन शैली की ओर भी ध्यान दिलाया है उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए सरकार एक राष्ट्र एक राशनकार्ड योजना लेकर आई है जिससे वे जहां भी होंगे उन्हें राशन की सुविधा मिलेगी मोस्ट वांटेड सूची बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने मोस्ट वांटेड माओवादियों की सूची जारी की है इनमें माओवादी संगठन के मुँखिया और एक एक ँकरोड़ रूपये के इनामी गगन्ना राव गणपति उर्फ रमन्ना राव कटकम सुदर्शन और वेणुगोपाल उर्फ भूपति सहित चौंतीस हार्डकोर माओवादी शामिल हैं इनमें से भी नौ माओवादियों पर चालीस चालीस लाख रूपये संत्रह पर पच्चीस पच्चीस लाख एक पर दस लाख और तीन माओवादियों पर आठ लाख रूपये का इनाम घोषित है प्रलिस के मुताबिक पिछले पांच दशकों से बस्तर क्षेत्र की शांति व्यवस्था और विकास के विरोध में माओवादी संगठनों द्वारा अनेक हिंसात्मक घटनाओं को अंजाम दिया गया है राज्य गठन के बाद अब तक माओवादी हिंसा में अट्ठारह सौ से अधिक लोग मारे जा चुके हैं वहीं करोड़ों रूपये की सरकारी और निजी संपत्ति की क्षति हुई है पुलिस महानिरीक्षक ने लोगों से माओवादियों के संबंध में जानकारी और सूचना देने की भी अपील करते हए कहाँ है कि माओवादियों के संबंध में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के नाम और पते गोपनीय रखे जाएंगे

उन्होंने स्थानीय माओवादी कैडर से हिंसा छोड़कर शासन की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति के तहत मुख्यघारा में शामिल होने की भी अपील की है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान प्रर्देश में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का दूसरा चरण शुरू हो गया है स्वास्थ्य विभाग ने बारिश के दिनों में मलेरिया संक्रमण की ज्यादा संभावना को देखते हुए जांच और पॉजीटिव पाए गए लोगों को इकतीस जुलाई तक दवाई खिलाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं सर्वे दल में शामिल कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी सावधानियों और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अभियान संचालित करने कहा गया है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम बस्तर के पहुंचविहीन और दूरस्थ इलाकों में घर घर पहुंचकर प्रत्येक व्यक्ति की मलेरिया जांच कर रही है किसी व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण पाए जाने पर उनका तत्काल इलाज भी शुरू किया जा रहा है दसरे चरण में अब तक दो लाख तिरानवे हजार लोगों की जांच की जा चुकी है इस दौरान मलेरिया पीड़ित नौ हजार लोगों को दवाइयां भी दी गई हैं उल्लेखनीय है कि इस अभियान का पहला चरण इस वर्ष पंद्रह जनवरी से चौदह फरवरी तक चलाया गया था कोरोना मरीज छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में आज भी कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं अभी तक प्राप्त जानकारी को अनुसार प्रदेश में आज कोरोना संक्रमित छब्बीस नये मरीजों की प्रष्टि हुई है इनमें राजनांदगांव से अट्ठारह दूर्ग से पांच महासमुद से दो और रायपूर से एक मरीज शामिल हैं इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर दो हजार पांच सौ इकहत्तर हो गई है जबकि छह सौ तिहत्तर सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है दुर्ग जिले में पांच कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं इनमें तीन पुलिसकर्मी और दो बीएसएफ के जवान हैं कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद मोहन नगर थाने को सील कर दिया गया है अब इस थाने का संचालन टेन्ट लगाकर किया जाएगा वहीं कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद दर्ग के बीएम शाह के फीवर क्लीनिक और स्पर्श हॉस्पिटल के एक्स रे विभाग को सील कर दिया गया है वहीं महासमुंद जिले में आज दो नये मरीजों की प्रष्टि हुई है इनमें से एक मरीज पिथौरा विकासखंड के ग्राम अर्जुनी और दूसरा बसना विकासखंड के ग्राम केवटापाली क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहा था इंधर राजनादगांव में जिन अट्ठारह मरीजों की पहचान की गई है उनमें लखौली से आठ और मेडिकल कॉलेज अस्पताल से तीन मरीज भी शामिल हैं कोरोना संक्रभित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हए राजनांदगांव शहर में शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन लागू किया गया है जिले के सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क का उपयोग भी अनिवार्य कर दिया गया है वहीं जशपुर जिले में कल रात एक साथ उनतालीस कोरोना पॉजीटिव मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन द्वारा मरीजों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है इस बीच जांजगीर चांपा जिले के एक मरीज का इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था जिसकी कल मौत हो गई रायगढ़ की एक कॉलोनी में कोरोना मरीज पाए जाने के बाद जानकारी छिपाने के आरोप में चार लोगों को खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है प्रवासी श्रमिक वापसी छत्तीसगढ़ में श्रमिक विशेष ट्रेनों बसों और अन्य माध्यमों से अब तक लगभग पांच लाख चौंतीस हजार प्रवासी श्रमिक लौट चुके हैं इनमें एक सौ तीन विशेष ट्रेनों से छत्तीसगढ़ पहुंचे डेढ़ लाख से अधिक श्रमिक भी शामिल हैं श्रम विमाग के अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को स्वास्थ्य विमाग के दिशा निर्देशों के अनुसार क्वारेंटाइन अवधि पूरी करने के बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत रोजगार दिया जा रहा है वर्तमान में प्रदेश के लगभग उनतीस लाख पैंतीस हजार मजदूरों को मनरेगा में काम मिल रहा है इसके अलावा श्रम विभाग द्वारा प्रदेश के लगमग डेढ हजार कारखानों को पुनः चालू कर एक लाख दस हजार से अधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर उपलब्ध रहेगा यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडी न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर सुना जा सकेगा आकाशवाणी से मन की बात के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा

प्राईम प्वॉइंट फाउंडेशन द्वारा दो राज्यसभा सदस्यों और आठ लोकसभा सदस्यों को सत्रहवीं लोकसभा के प्रथम वर्ष के दौरान उनके प्रदर्शन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के तहत संसद रत्न पुरस्कार दिया जाएगा पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के सुझाव के बाद वर्ष दो हजार दस से संसद रत्न पुरस्कार के साथ लोकसभा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले सांसदों को सम्मानित किया जाता है इस वर्ष संसद रत्न पुरस्कार के लिए नामित सांसदों में राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा और विशम्भर प्रसाद निषाद शामिल है जबकि इस पुरस्कार के लिए लोकसभा सदस्य सुप्रिया सुले सुभाष रामराव भामरे हीना गावित अमोल रामसिंह कोल्हे शशि थरूर निशिकांत दुबे अजय मिश्रा और राममोहन नायडू को चुना गया है सिंहदेव पेसा कानून पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम पेसा और वन अधिकार कानन को लाग करने के लिए छत्तीसगढ सरकार प्रतिबद्ध है पेसा कानन पर प्रभावी अमल के लिए अनुसूचित क्षेत्रों के रहवासियों समुदायों जनप्रतिनिधियों और आदिवासी मुद्दों के जानकारों से सुझाव लेकर नियम तैयार किए जाएगे इसके लिए आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों से लगातार चर्चा जारी है श्री सिंहदेव ने आज रायपुर में सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ पेसा कानून पर चर्चा के दौरान यह बात कही उन्होंने कहा कि पेसा कानून पर सुझाव प्राप्त करने के लिए पचयासी अनुसूचित विकासखंडों के आदिवासी समाज और नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों से चर्चा की जाएगी ऑनलाइन के जरिये भी उनके सुझाव लिए जाएंगे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र तक अलग अलग स्तरों पर चर्चा पूरी कर पेसा कानून के लिए नियमों का प्रारूप तैयार कर लिया जाएगा सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने चर्चा के दौरान पेसा कानून पर अमल के लिए अपने सुझाव भी दिए आदिम जाति मंत्री बैठक प्रदेश के सभी छात्रावासों और आश्रमों में आवश्यक दैनिक उपमोग की सामग्री की आपूर्ति अब स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी आदिम जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ं टेकाम ने राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त और विकास निगम के कामकाज की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी डॉक्टर टेकाम ने बताया कि मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्व सहायता समूहों के माध्यम से छात्रावासों और आश्रमों में सामग्री की आपूर्ति किए जाने की मंशा जताई है इसके लिए स्व सहायता समूह को उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है

मुख्यमंत्री राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संचालित कल्पतरू मल्टीयूटीलिटी सेंटर सेडीखेडी में कार्य कर रही महिलाओं ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके रायपुर स्थित निवास कार्यालय में मुलाकात की इस दौरान महिलाओं ने मुख्यमंत्री को इस सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न उत्पादों के संबंध में जानकारी दी इस मौके पर मुख्यमंत्री ने मल्टीयूटीलिटी सेंटर के कार्य के विस्तार और विभिन्न गतिविधियों के लिए सीएसआर मद से पंद्रह लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की उल्लेखनीय है कि बिहान के तहत स्व सहायता समूह की महिलाएं ग्लिसरीन साबून मोमबत्ती बांस ट्री गार्ड अगरबत्ती सहित कई तरह की सामग्रियां तैयार कर रही हैं बस्तर गोंचा महापर्व बस्तर गोंचा महापर्व में आज हेरा पंचमी मनाई जा रही है भगवान बलमद्र महाप्रमू जगन्नाथ और देवी सभद्रा अपने वार्षिक प्रवास के दौरान मौसी के घर यानी गंडिवा मंदिर में है हेरा पंचमी के ॅ अवसर पर देवी लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पालकी में सवार होकर शोभायात्रा की शक्ल में गुंडिचा मंदिर पहुंची माता लक्ष्मी की पालकी महाप्रभू जगन्नाथ के रथ के पास रूकेगी जहां उसका स्वागत सेवादारों द्वारा किया जाएगा माओवादी जवान मारपीट दंतेवाड़ा जिले में माओवादियों ने बीती रात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के दो जवानों के साथ मारपीट की जिससे एक जवान के सिर पर गंभीर चोटे आई हैं पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने घटना की पूष्टि करते हुए बताया कि बचेली थाना क्षेत्र के आकाश नगर इलाके में ये जवान सिविल डेस में डयटी कर रहे थे इसी दौरान बारह से अधिक माओवादी वहां पहंचे और जवानों से मारपीट कर उनकी एक वॉकी लॉटी मी लुटकर ले गए

मौसम प्रदेश में आगामी चौबीस घंटों के दौरान अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक एक द्रोणिका उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश से मध्य महाराष्ट्र तक तीन दशमलव एक किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है इसका प्रभाव छत्तीसगढ में भी देखा जा रहा है आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई संक्षिप्त समाचार भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली के समापन अवसर पर कल अट्ठाईस जून को दोपहर साढ़े बारह बजे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का उदबोधन होगा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज धमतरी जिले के नगरी स्थित नवनिर्मित व्यवहार न्यायालय भवन का लोकार्पण किया लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने आज अहिवारा में तहसील कार्यालय के भवन का लोकार्पण किया बस्तर की जीवनदायिनी इंद्रावती नदी के तट पर पौधेरोपण अभियान के अंतर्गत आज केंद्रीय जेल परिसर जगदलपुर में पौधरोपण किया गया

इसके तहत पुलिसकर्मियों को खेल गतिविधियों के साथ योग कराया जा रहा है दुर्ग की सुपेला पुलिस ने करोड़ों रूपये के गबन के आरोप में रायपुर की एक कंपनी के आठ निदेशकों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है गरियाबंद पुलिस ने कुल्हाड़ीघाट के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से दुर्लम खाल खपरी पैंगोलिन बरामद किया है

महासमुंद पुलिस ने आज सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में ढावे के पास एक वाहन से लगभग चार क्विंटल गांजे के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है

रायगढ़ पुलिस ने अपनी यात्रा छिपाने के आरोप में एक उद्योगपति सहित चार लोगों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है